मास्क पहनें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 हाथ और मंह साफ रखें

इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य इस सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मॉलदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमिना मोहम्मद और कोन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी भाग लिया

उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक महामारी के समय उभरा और आत्मनिर्भर बना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में जवाब देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है उसे एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में उभरना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के समय में विश्व में अलग अलग तरह के रूझान सामने आ रहे हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि यहीं वजह है कि देश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सों कोरोना योद्वाओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भारत की दैवीय शक्ति बताया जिसने वैश्विक महामारी के समय देश को मजबूती प्रदान की श्री मोदी ने लोकसभा की चर्चा में बडी संख्या में शामिल होने वाली महिला सांसदों को धन्यावाद दिया

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख सत्रह हजार पांच सौ चौहत्तर लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में चालीस करोड असंगठित श्रमिक और दस करोड संगठित श्रमिक हैं

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कला संस्कृति का बन्धन व्यक्ति को इसांन बनाता है और लोगों को बेहतर से बेहतरीन बनने की दिशा प्रदान करता है

जब लोग अपने सर्वात्तम का साझा करते हैं तभी उसका विस्तार भी होता है विस्तार ही विंकास है इसी विकास को गति देना समय की मांग हैं उन्होंने कहा कि कला संस्कृतिक षिल्प युवाओं के भविष्य के साथी हैं राज्यपाल आज रांची में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी

अनुराग गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में राज्यसभा से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी बहत देर से दर्ज की गई है और उन्हें निलंबित हुए लगभग एक साल होने वाले हैं उनकी ओर से अदालत से अंतरिम राहत की मांग की गई लेकिन अदालत ने कहा कि यह जमानतदार मामला है और वादी पुलिस बेल पर हैं ऐसे में अंतरिम राहत की कोई जरूरत नहीं है अब इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा गुमला जिला मुख्यालय में सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया गया है सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा की षिकार महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी पुलिस सहायता और परामर्श प्रदान करने के साथ ही उन्हें त्वरित चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराना है

साथ ही चार लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध हो जायेगा

लॉक डाउन के दौरान इन लोगों ने अपने घर वापस लौट कर साइबर क्राइम में से जुड गए इन सभी को आज न्यायालय में पेष करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है

दर्जनों मजदूर स्थल की खुदाई में लग गए हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इसकी खुदाई हुई थी और बौद्ध स्तूप के कई अवशेष यहां मिले हैं

भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इसके उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी भजन और अभंगों से श्रोता सम्मोहित हो जाते थे

इस सम्मेलन को कृषिमंत्री बादल और विधायक अंबा प्रसाद समेत अन्य ने संबोधित किया

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर रविकांत गंझू को पुलिस ने गिरफ़तार किया और उसकी निषानदेही पर हथियारों का जखीरा बरामद किया